मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए नीति आयोग की शासकीय परिषद की छठी बैठक में आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अपने संबोधन में श्री मोदी ने यह बात कही बाइट देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिल करके कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े कॉपरेटिव फेडेरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्न पूर्वक कॉम्पेंटिटिव कॉपरेटिव फेडेरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पऔर्धा कैसे बढ़े यह मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में इस पर बल दिया जाएगा हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान देश निर्माण का एक अहम उपाय है इसका उद्देश्य न केवल देश की बल्कि दुनिया की जरूरतें पूरी करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में ब्रुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है

उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य तथा हर जिले की अपनी विशेषता और क्षमता है

स्थानीय स्तर पर गर्वनेंस में सुधार क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है इन सुधारों से टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहत आवश्यक है मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कनवर्जन्स तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है

श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों में निरन्तर मतदान प्रतिशत का बढ़ना यह साबित करता है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है यह बात आज श्री बिरला ने बस्ती में आयोजित एक समारोह में कही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति लोगों में और ज्यादा विश्वास पैदा हो इसके लिये जरूरी है कि सांसद आम नागरिकों की भावनाओं और अपेक्षाओं को सदन में मजबूती से रखे लोकसभाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है और यही वजह है कि हमारे मन विचार और कामों में लोकतंत्र का पुट झलकता है बाइट हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है

श्री बिरला ने कहा कि देश निर्माण के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान एक महत्वपूर्ण तरीका है प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम सिद्ध हो रहा है इस अवसर पर श्री बिरला ने बस्ती के शास्त्री चौक पर सौ फोट ऊँचा तिरंगा भी फहराया और कोरोना योद्धाओं को समर्पित तीन दिवसीय बस्ती महोत्सव में भी शामिल हुए कार्यक्रम को पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह कार्यक्रम के आयोजक और स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी तथा डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को शोध कार्यो से जुड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है यह बात श्री योगी ने कल लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड के यमकेश्वर स्थित महायोगी गुरू गोरक्षनाथ राजकीय विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर कही उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि जब तकनीक और आधुनिकता के साथ जुड़ती है तब नये व्यापक बदलाव दिखाई पड़ते हैं महायोगी गुरू गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी की शुरूआत उत्तराखंड सरकार की विकास के प्रति दृष्टि और उसकी प्रतिबद्धताओं का परिचायक है श्री योगी ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है देश और दुनिया की जानकारी एक जगह पर डिजिटली हासिल की जा सकती है

इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि महाविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का श्रभारम्भ एक ऐतिहासिक क्षण है

डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोग से शिक्षकों और विद्यार्थियों की योग्यता और जानकारी में इजाफा होगा और तकनीकी का उपयोग प्रगति के लिये बेहतर ढंग से कैसे हो इसकी दृष्टि विकसित होगी यह डिजिटल लाइब्रेरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जरिये कॉरपोरेट सोशल रिपासिबिलिटी के तहत स्थापित की गई प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि निवेश प्रोत्साहन से राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये उत्तर प्रदेश आकर्षण का केन्द्र बन गया है श्री महाना कल लखनऊ में निर्यात और निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह के साथ इन्वेस्ट यूपी के संबंध में बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश का और बेहतर माहौल बने इसके लिये नीतियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाये उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन्वेस्ट यूपी हेल्प डेस्क में निवेशकों की सुविधा के लिये सभी प्रकार के प्रस्तावों की जानकारी होनी चाहिये

उन्होंने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये अब तक भारतोय द्रतावास के साथ मिलकर दस देशों के प्रतिनिधियों और दो औद्योगिक समूहों से वेबिनार के माध्यम से सम्पर्क किया गया है प्रदेश में कोरोना सैम्पल की जांच का सिलसिला लगातार जारी है

पुलिस सूत्रों ने बताया है कि यह दुर्घटना आज सुबह करीब नौ बजे उस समय हुई जब बनियाठेर थाने के निकट एक कार सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर की वजह से चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक की मौत उपचार के लिये मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में हो गई पुलिस ने घायलों को उपचार के लिये अस्पताल भेज दिया है केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हुनर हाटों के माध्यम से देश के साढ़े सात लाख कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा श्री नक़वी ने कहा कि हुनर हाट कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिये आदर्श मंच है

हुनर हाट के दौरान लोग बावर्चीखाना खंड में देश के हर क्षेत्र से पारम्परिक व्यंजनों का भी जायका ले सकेंगे